अयोध्या में कल विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित धर्मसभा शांतिपूर्वक सम्पन्न सैय्यद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चौंपियनशिप में समीर वर्मा ने प्रूष सिंगल्स का खिताब जीता

कल आकाशवाणी से प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात की पचासवीं कड़ी में प्रघानमंत्री ने कहा कि मोदी आयेंगे और जाएंगे मगर यह देश अपनी एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगा तथा भारत की संस्कृति अमर रहेगी मन की बात कार्यक्रम को राजनीति से दूर स्खने के अपने फैसले को उवित ठहराते हुए श्री मोदी ने कहा है कि देश भर के लोग उनके इस संकल्प के सम्थन में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं

कि न इसमें पोलिटिक्स हो न इसमें सरकार की वाहवाही हो न इसमें कहीं मोदी हो मोदी आएगा और चला जाएगा लेकिन यह देश अटल रहेगा

इस देश को नई प्रेरणा नये उत्साह से नई ऊंचाइयों पर लेती जाती रहेगी श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि मन की बात का सबसे बड़ा योगदान समाज में सकारात्मक भावना बढ़ाना रहा है प्रघानमंत्री ने कहा कि उन्हें रेडियो की ताकत का अहसास उन्नीस सौ अन्ठानबे में उस समय हुआ जब हिमाचल प्रदेश के एक द्रदराज गांव के एक रेडियो श्रोता से भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में जानकारी मिली थी श्री मोदी ने कहा कि संचार की पहंच और किस्तार की दृष्टि से रेडियो की किसी अन्य माध्यम से तुलना नहीं की जा सकती रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है

श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की पचाववीं कड़ी की सबसे बड़ी सिद्दि यह है कि हर कोई इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रघानमंत्री से नहीं बल्कि अपने किसी निकट साथी से सवाल पूछता है महसूस करता है और यही सच्चा लोकतंत्र है प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अपेक्षा की बजाय स्वीकार करने और खारिज करने की बजाय चर्चा करने से संवाद अविक प्रमावी हो सकता है उन्होंने कहा कि वे विभिन्न कार्यक्रमों और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत के प्रयास करते रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि मन की बात में उठाए गये स्वच्छता सड़क सुरक्षा और मादक पदार्थ मुक्त भारत सेल्फी विद डॉटर जैसे विषयों को मीडिया ने नये तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात के माध्यम से रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है

मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विखास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अन्तरूकरणपूर्वक धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोशिश की जाती है कि मन की बात में जिन पत्रों और टिपणियों को शामिल नहीं किया जा सका है उन पर संबंधित विभाग ध्यान दें प्रधानमंत्री ने कहा कि कल संविधान दिवस है और यह उन महान विमूतियों को स्मरण करने का एक अक्सर है जिन्होंने व्यापक और विस्तुत संक्षिणन दिया प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि ये संक्षिणन में निहित मूल्यों को आगे बढ़ायें और देश में शांति प्रगति तथा खुशहाली के प्रयास करें संविधान सभा देश की महान प्रतिभाओं का संगम थी उनमें से हर कोई अपने देश को एक ऐसा संविधान देने के लिए प्रतिबद्ध था जिससे भारत के लोग सशक्त हों गरीब से गरीब व्यक्ति भी समर्थ बने हमारे संविघान में खास बात यही है कि राइट्स एंड ड्यूटीस इसके बारे में विस्तार से वर्षन किया गया है नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष गुरु नानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचा और देश उनके प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाएगा

श्री मोदी ने खच्छ भारत योग और महिला सरक्तीकरण की बात भी कई कड़ियों में की है उन्होंने अंतर्ताष्ट्रीय योग दिक्स मनाए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का विस्तार से उल्लेख करते हुए लोगों से फिट इंडिया चुनौती में शामिल होने का आहवान किया था श्री मोदी की यह बात विद्यार्थियों के मन को छू गई थी कि परीक्षा के दौरान तनाव नहीं रहना चाहिए और इसे एक उत्सव की तरह लेना चाहिए प्रधानमंत्री ने कई खिलाड़ियों की भी मन की बात में तारीफ की है उन्होंने वर्षा जल संघयन अंगदान दिव्यांग सशक्तीकरण और पराली जलाने जैसे मुद्दों पर भी इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ अयोध्या में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की धर्मसमा कल शांति पूर्वक सम्पन्न हो गई सभा को चित्रकूट के जगतगुरू रामानंदावार्य स्वामी राम भद्रावार्य जगतगुरू रामानंदावार्य हस देवावार्य महंत रविन्द्रपूरी हरिद्वार सहित अनेक संतों ने सम्बोधित किया समा स्थल पर परिषद के हजारों कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित थे जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी धर्म समा स्थल पर मंदिर समर्थक नारे लगाये गये समा की अध्यक्षता कर रहे श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि बड़ी संख्या में राम भक्तों ने धर्मसमा में एकत्र होकर राम मंदिर के निर्माण के प्रति संकल्य दोहराया है और अब सरकार राम मंदिर निर्माण में शीघ्रता करे इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्दव ठाकरे ने प्रेस वार्ता करके केन्द्र सरकार से राम मंदिर निर्माण जल्द से जल्द कराने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि संसद में मंदिर बनाने के लिये कानून लाया जायेगा तो शिवसेना उसका समर्थन करेगी स स स प्रदेश सरकार ने अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्रीराम की विशाल प्रतिमा के चित्र का अनावरण किया एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये थे अपर मुख्य सविव सुवना एवं पर्यटन अवनीश अवस्थी ने बताया कि अयोध्या में लगने वाली विशालकाय मूर्ति की स्थापना के लिये कल पांच वास्तविद फर्मों को चिन्हित किया गया है इन फर्मो ने अपना प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया है उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार भगवान श्रीराम की कुल दो सौ इक्कीस मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित होगी इसमें एक सौ इक्यावन मीटर ऊंची भगवान श्रीराम की मूर्ति होगी जिसके ऊपर बीस मीटर ऊंचा छत्र होगा

उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही छियालिस नये डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे साथ ही डिग्री कॉलेजों के लिये ट्रांसफर पॉलिसी भी बनायी जायेगी उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेजों में पढ़ायी की गुणवत्ता लाने के लिये सभी खाली पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है

उप मुख्यमंत्री कल वाराणसी के काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि समय के साथ शिक्षा पद्दति भी बदल रही है अब देश में एक शिक्षा नीति बनेगी जिसकी शुरूआत प्राथमिक स्तर से होगी लखनऊ में कल सैय्यद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चौंपियनशिप में समीर वर्मा ने पुरूष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है समीर वर्मा ने चीनी खिलाड़ी लू गुआंगजू को हराकर खिताब बरकरार रखा महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबले में तीन बार की चौंपियन सायना नेहवाल चीन की हान यूए से हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलायी गयी योजना डिजिटल इण्डिया का सपना पूरा करने में सहायक सिद्व हुए बैंकों में मुख्यता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की मुख्य शाखा ने योनो एप्स के एक साल पूरा होने पर कल लोगों को जागरूकता के लिए अमियान शुरू किया